राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत और तजाकिस्तान परस्पर महत्वपूर्ण भागीदारी बढ़ाने पर सहमत हुए हैं भारत तजाकिस्तान को विकास परियोजनाओं के लिए दो करोड़ डॉलर का अनुदान देने की पेशकश को श्री कोविंद की तजाकिस्तान की यात्रा के दूसरे दिन आज उन्होंने राष्ट्रपति इमोम अली रहमोन से मुलाकात की इस अवसर पर दोनों देशों ने राजनीतिक संबंधों अनुसंधान कृषि अक्षय ऊर्जा परम्परागत औषधियों अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी युवा मामलों संस्कृति और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र म सहयोग के सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किये श्री कोविंद ने शंघाइ सहयोग संगठन में भारत की सदस्यता के लिए पूरा समथन देने पर तजाकिस्तान के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया राष्ट्रपति की यात्रा का समाचार देने गए हमारे सवांददाता की एक रिपोर्ट भारत ने तजाकिस्तानि के साथ गांव में सौर ऊर्जा की संभावनाओं का पता लगाने का फैसला किया है और इसके साथ ही ताजिक सेना के लिए दो अग्रेजी भाषा के केन्द्र भी स्थापित किए जाएंगे इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद न कहा कि भारत पडोसी अफगानिस्तान में अफगान लोगों की अगुवाई में उनके अख्तियार में और उनके द्वारा ही स्थापित होने वाली शांति और विकास के लिए प्रतिबद्ध है द्विपक्षीय बातचोत से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दुशान में स्थित पैलेस ऑफ नेशन में सैनिक सम्मान दिया गया सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार दुशानबे प्रदेश में चार दिन से चल रहे भारतीय अतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश की गरीबी दूर कर सकते हैं उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से हमारे वैज्ञानिक नित्य नये अन्वेषण कर रहे हैं उससे शीघ्र ही हमारा देश आर्थिक महाशक्ति बन जायेगा श्री गडकरी ने कहा कि यह विज्ञान महोत्सव हमारे विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत के पास हर तरह की क्षमताएं मौजूद है

विज्ञान महोत्सव का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद न गत शनिवार को उद्घाटन किया था विज्ञान महोत्सव में हजारों की संख्या में वैज्ञानिकों विज्ञान के शिक्षकों और छात्रों ने भाग लिया विज्ञान महोत्सव का मुख्य आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में और विज्ञान से संबंधित अन्य दूसरे कार्यक्रम लखनऊ के विभिन्न संस्थाओं में आयोजित किये गये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के आखिरी दिन आज विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को पुरस्कार प्रदान किय इन वैज्ञानिकों ने आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए शोध कार्य किए थे प्रदूषित जल को साफ करने की टिकाऊ तकनीक विकसित करने के लिए डॉ वनिता प्रसाद को सेनेटरी नैपकिन के लिए एन विगनेश को पुरस्कृत किया गया इसोफेगियल कैंसर के मामले में शोध के लिए निशांत कुमार मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के लिए डॉ अनुपमा सिंह आईओटी कमोडिटी कैमरा की डाटा एनालिसिस विकसित करने के लिए डॉ राजीव पांडे और प्राकृतिक फाइबर के क्षेत्र में शोध के लिए डॉ मुर्गन कोट्टाईसामी को पुरस्कार दिया गया

उन्होंने कहा कि इस महोत्सव ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें विद्यार्थियों ने दो विश्व रिकॉर्ड बनाये ये केले के डीएनए को अलग करने और प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण के बारे में हैं

इसे शाम सात बजकर तीस मिनट से आकाशवाणी लखनऊ के प्राइमरी चैनल पर सुना जा सकेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडोनेश्यिा में हो रहे एशियन पैरा गेम्स दो हजार अट्ठारह में भारतीय बैडमिंटन टीम को कांस्य पदक जीतने तथा टीम के सदस्य आईए एस श्री सुहास एलवाईको स्पर्धा के सेमीफाइनल में सिंगल्स मैच जीतने पर बधाई दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री सुहास एलवाई एवं टीम के अन्य खिलाड़ियों ने लगन और परिश्रम के बल पर बेहतरीन प्रदर्शन करके प्रदेश और देश का मान बढ़ाया है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

भारतीय वायुसेना आज अपना छियासीवां स्थापना दिवस मना रहा है

हल्के लड़ाकू विमान तेजस धरती से हवा में मार करने वाली मिसाइल मध्यम दूरी की मिसाइल और हमारे खास मारक हथियारों को शामिल करने की जारी प्रक्रिया बड़े आध्रनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा हैं श्री धनोआ ने राष्ट्र की सुरक्षा में वायुसेना के योगदान की सराहना की हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर रंगारंग परेड़ का आयोजन किया गया

इसके बाद सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम ने अपने हुनर से दर्शकों का मन मोह लिया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वायुसेना दिवस पर वायुसेना के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि हमारे लड़ाकू विमानों की मजबूत पकड़ और तत्परता पर हर भारतीय को गर्व है उन्होंने कहा कि वायुसेना पूरी प्रतिबद्धता और साहस के साथ देश की रक्षा करती है प्रधानमंत्री ने कहा है कि कृतज्ञ राष्ट्र वायुसेना के शूरवीरों और उनके परिवारों को सलाम करता है उन्होंने कहा कि ये न केवल हमारे आकाश को सुरक्षित रखते हैं बल्कि आपदाओं के दौरान मानवता की सेवा भी करते हैं प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में डिफथिरिया रोग की निगरानी नियंत्रण एवं उपचार के विषय में जानकारी देने के लिए आज लखनऊ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित विशेषज्ञ जनपदों में जाकर संबंधित डॉक्टरों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे डिफथिरिया के सभी रोगियों एवं रोग के कारणों की जांच रैपिड रेस्पॉस टीम द्वारा की जायेगी उन्होंने डिफथिरिया रोग से प्रभावित जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को प्रतिदिन इस रोग की समीक्षा कर सभी सूचनाएं राज्य मुख्यालय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये प्रदेश में एक अक्टूबर से शुरू हुए राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह का समापन समारोह कल लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान में आयोजित किया गया इस अवसर पर वन एवं वन्यजीव विभाग की प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी ने विद्यार्थियों के योगदान एवं उनके अभिनव प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें प्रेरित किया कि वे अगले वर्ष दो हजार उन्नीस में आयोजित होने वाले वन्य प्राणी सप्ताह के लिए नवीन गतिविधियों एवं अभिनव प्रयासों के लिए अभी से योजना तैयार करना शुरू कर दे

समाप्त